मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मतदान किया मतदान केन्द्र पहुंचने से पहले उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया

लोकसभा चुनावों के छठे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अन्तिम दिन भी था

इस बीच लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है विभिन्नि पार्टियों के नेता देशभर में चुनाव सभाएं कर रहे हैं

देहरादून में आयोजित गोष्ठी में उन्होंने कहा कि जनता में जागरूकता की काफी कमी है उन्हें बताना होगा कि भिक्षावृत्ति एक अपराध है और भीख देकर इस अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि चौराहों पर बैनर पोस्टरों और सिनेमा हॉल में शॉर्ट मूवी के माध्यम से जनता को जागरूक करने के विशेष प्रयास किये जाएंगे जल्द ही भिक्षावृत्ति के विरूद्व देहरादून जिले में सभी सम्बन्धित विभागों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर एक अभियान चलाया जाएगा गोष्ठी में कई बिंद्ओं पर विचार विमर्श किया गया इस दौरान बताया गया कि बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में यदि किसी गैंग या उनके माता पिता की संलिप्तता पायी गई तो उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी बच्चों के असली माता पिता का पता न लगने पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों का स्किल डेवलेपमेन्ट कराने का प्रयास भी किया जाएगा मंगलवार शनिवार और त्यौहारों पर मन्दिरों और अन्य भीड भाड़ वाले स्थानों पर विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय भी लिया गया

सीपीए इस शोध संस्थान को बेहतर बनाने के लिए योगदान करने पर विचार कर सकती है विधानसभा अध्यक्ष कनाडा में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट आए हैं देहरादून पहुंचने के बाद उन्होंने बैठक के अपने अनुभव साझा किए

उन्होंने बताया कि भराड़ीसैंण में बनने वाले अंतराष्ट्रीय शोध संस्थान पर चर्चा की गयी

स्वतंत्रता आंदोलन के महायोद्वा को श्रद्वांजलि देने के साथ ही उनके योगदान को भी याद किया इस अवसर पर कोटद्वार तहसील परिसर स्थित उनकी मूर्ति पर लोगों ने माल्यापर्ण भी किया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पोते देशबन्ध् गढ़वाली कहते हैं कि गढ़वाली जी ने देश के लिए बलिदान दिया लेकिन उनके कुछ सपने अधूरे रह गए

अंग्रेज अधिकारियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बटालियन को निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया लेकिन उन्होंने गोली चलाने से इंकार कर दिया इसके बाद उनका कोर्ट मार्शल कर उनको कालापानी की सजा देकर जेल में डाल दिया गया

इसके लिए विभाग की ओर से जागरूकत रथ तैयार किए गए हैं जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि मानव गतिविधियों प्रदूषण और जैव विविधता के चलते पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जा रहा है जिसके चलते जंगली जानवरों से लेकर आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है उन्होंने कहा कि जगंलों मे लगने वाली आग को रोकने का जितना दायित्व वन विभाग का है उतना ही आम लोगों का भी है उन्होंने कहा कि वन सम्पदा पर किसी एक का अधिकार नहीं होता हर वर्ग के लोगों को वनों से लाभ मिलता है

अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्त किये जाएंगे पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर सामान फैलाकर रखने वालों और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अतिक्रमण से सड़कें संकरी हो गई हैं जिससे जाम की समस्या खड़ी हो गयी है पुलिस अधीक्षक ने सभी कोतवाली थाना और चौकी इंचार्ज को अभियान के तहत की गई कार्रवाई से प्रतिदिन अवगत कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों क्षमता से अधिक सवारी या माल ढोने वाले नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

उन्होंने अधिकारियों को फ्लाई ओवर पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारगर उपाय करने के निर्देश दिए हैं साथ ही इसके डिजाइन और तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेने को भी कहा है मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस फ्लाई ओवर में दुर्घटनाओं के बढ़ने के कारणों का पता लगाया जाये

बल्लीवाला फ्लाई ओवर के निर्माण से लेकर अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में एक दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं

इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने देश के अंतिम गांव माणा तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया

मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह पुरस्कार प्रदान किए आकाशवाणी महानिदेशक फैय्याज शहरयार और महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया